कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सबसे तेज दस करोड़ टीकाकरण करने वाला देश है पिछले चार दिनों में टीका उत्सव के सकारात्मक परिणाम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस अवधि में टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया और नए टीकाकरण केंद्र भी स्थापित किए गए कल उप राष्ट्रपति की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से चर्चा में यह बात कही केंद्र सरकार ने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने तथा इसकी कीमत कम करने का फैसला किया है सरकार ने छह निर्माताओं को हर महीने सात अतिरिक्त केंद्रों पर इसकी दस लाख खुराक उत्पादन करने की अनुमति दी है रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धंता की समीक्षा की मंत्रालय ने बताया कि हर महीने तीस लाख और ख्राक का उत्पादन करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है

इससे पहले सरकार ने घरेलू दवा बाजार में इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिससे रिकवरी दर लगातार घट रही है हालांकि टीकाकरण अभियान देश के विभिन्न हिस्सों में सुचारू रूप से प्रगति कर रहा है

अब तक देश में इस संक्रामक बीमारी से एक करोड़ चौबीस लाख मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं झारखंड में कोरोना वायरस के दूसरे स्वरूप ने राज्य सरकार और लोगों की चिंता बढ़ा दी है राज्य के विभिन्न जिलों में कल कोरोना के तीन हजार एक सौ अंठानबे नए संक्रमित मरीज मिले

विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान एक दिन में एक लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी कर लेने को कहा है कोडरमा के डोमचांच स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में एक ही दिन में तीन संक्रमित मरीजों की मौत हो गई

अनुमंडल पदाधिकारी मनीष क्मार ने कल डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और बताया कि पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दिए गए हैं वहीं वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं उन्होंने कहा कि संक्रमितों को परेशानी ना हो इसके लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं

झारखंड में कोरोना का ब्रिटेन में पाये गये संकमण और डबल म्यूटेंट का वायरस मिला है

उन्होंने बताया कि डबल म्यूटेंट मिलने के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गयी है उन्होंने कहा कि कोविड से मरने वाले और टीका लेने के बाद संक्रमित होने वालों के सैंपल की भी जीनोम सिक्वेसिंग करायी जायेगी स्वास्थ्य सचिव श्री सोन ने संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सभी जरूरी उपाय अपनाने का आग्रह किया है

इस दौरान सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा गया

इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी सहित कुल छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जेएमएम की ओर से हफीजुल अंसारी और भाजपा के गंगा नारायण के बीच सीधा मुकाबला है

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने कहा है कि सड़कों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क सर्वे वाहन एनएसवी की तैनाती अनिवार्य कर दी गयी है एनएसवी राजमार्गों की तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए हाई रिजॉल्यूशन कैमरा का उपयोग करता है और इसमें कई दूसरी विशेषताएं शामिल हैं एनएचआई झारखंड के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को बेहतर सड़कें प्रदान करने की प्रतिबद्वता के अनुरूप एनएचआई ने राष्ट्रीय राजमार्गो की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेटवर्क सर्वे वाहन को तैनात करने का निर्णय लिया है इस परियोजना के पूरा होने और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गो पर एनएसवी का उपयोग कर सड़क की स्थिति का सर्वे करना और हर छह महीने में इसे प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया है सारे आंकड़े जुटाने के बाद एनएचएआई ने एक एवीआई बेस्ड पोर्टल तैयार किया है जिस पर डेटा अपलोड होगा चतरा में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडर की जयंती कल सादे समारोह में मनायी गयी

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के शहबाज अहमद की शानदार गेंदबाजी ने टीम को रोमांचक जीत दिलाई

आज मुम्बई के वानखेडे स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा

मृतक युवक पंचायत समिति सदस्य किरण क्जूर का बेटा था घटना की सूचना मिलते ही बसिया थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुँच कर मामले की जांच कर रहे हैं